उन्होंने कहा कि कानून सर्वोच्च है और न्यायपालिका में देशवासियों का अटूट विश्वास है श्री मोदी ने आज उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे अयोध्या भूमि विवाद पर उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि फैसला आने से पहले बातचीत का कई दौर चला लेकिन लोगों ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को दिल से स्वीकार किया प्रधानमंत्री ने कहा ये गर्व की बात है कि भारतिय लोकतंत्र में न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका तीनों एक दूसरे के काम का सम्मान करते हुए संविधान की भावनाओं को आगे बढ़ा रहें है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में न्याय के त्वरित निष्पादन के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है सम्मेलन को संबोधित करते हुए कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध और लोकप्रियता दोनों चाहिए

देश संविधान की इस मूल भावना को बरकरार रखने का प्रयास कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के कटक में पहली खेलों इंडिया विश्वविद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता का वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा में इन खेलों के आयोजन से नया इतिहास बना है और भारत विश्वविद्यालय खेल आयोजित करने वाले देशों में शामिल हो गया है उन्होंने कहा कि आज प्रतियोगिताओं का शुभारंभ ही नहीं हो रहा है बल्कि भारत में खेल कूद के क्षेत्र में नये अध्याय की शुरुआत भी हो रही है प्रधानमंत्री ने तीन साल पहले हुई खेलों इंडिया की शुरुआत का जिक्र करते हुए कहा कि आज इसमें भाग लेने वालों की संख्या दुगनी हो गयी है और गांवों तथा कसबों की प्रतिभाएं इसमें हिस्सा लेकर देश का नाम रोशन कर रही हैं उन्होंने खेलों इंडिया विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से खेलक्रद में देश के प्रदर्शन में सुधार लाने में मदद मिलेगी ओडिशा के मुख्यमंत्री नविन पटनायक ने राज्य को इन खेलों के आयोजन का मौका देने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन ब्रह्मपुत्र बोर्ड जिला प्रशासन और स्थानीय संगठनों द्वारा संयुक्त रुप से आज राजधानी ईटानगर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सिंकि नदी में पड़े कचरे को हटाया गया इस अभियान का शुभारंभ करते हुए राज्य के गृहमंत्री बामंग फेलिक्स ने कहा कि हमारा अरुणाचल अभियान के तहत भी राज्यभर में स्वच्छता को बनाएं रखने के लिए टीम अरुणाचल की भावना से कार्य करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि यह सतत चलने वाला अभियान है और आदतों में बदलाव लाकर काफी हद तक सफलता के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है इस अवसर पर जिला उपायुक्त कोमकर दुलोम और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने भी संबोधित किया राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा है कि सरकार ने प्रदेश के निजी विद्यालयों और विश्वविद्यालय की निगरानी के लिए समिति का गठन किया है हिमालयन विश्वविद्यालय ईटानगर के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में फर्जी शिक्षण संस्थानों को लेकर पिछले दिनों काफी विवाद हुआ था और इसे बी एस ई परीक्षाओं में राज्य के विद्यालयों के खराब प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्राईमरी और मिडिल स्कूलों में परीक्षा प्रणाली में बदलाव किया है उन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों से समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपील की है राजधानी क्षेत्र ईटानगर के निरजूलि में स्थित पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं तकनीकि संस्थान नेरिस्ट में उन्नत भारत अभियान के तहत विभिन्न संस्थानों द्वारा अपनाये गए क्लस्टर विलेज के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम के तहत नेरिस्ट ने पांच गांवों को अपनाया है

राजधानी ईटानगर के डी के कंन्वेंशन सेंटर के परिसर में इन दिनों तरह तरह के खुबसूरत फूलों की बहार है जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे है दरअसल इसका कारन यहां चल रहा फ्लावर फेस्टिवल है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

आज का अधिकतम तापमान अट्ठाईस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेरह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया